उन्होंने लोगों से कोरोना वैक्सीन के बारे में किसी भी अफवाह पर ध्यान ना देने की अपील की आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि पैंतालीस वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग निःशुल्क टीका लगवा सकते हैं कोरोना की इस संकट काल में वैक्सीन की अहमियत सभी को पता चल गई है इसलिए मेरा आग्रह है कि वैक्सीन को लेकर किसी भी अफवाह में न आएं

प्रधानमंत्री ने कहा कि एक मई से देश में अट्ठारह वर्ष से अधिक आयु के हर एक व्यक्ति के लिए वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी श्री मोदी ने कहा कि अब कॉर्पोरेट सेक्टर और निजी कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को वैक्सीन देने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगी उन्होंने कहा कि केन्द्र का पहले से चल रहा निःशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा प्रधानमंत्री ने राज्यों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक लोगों को केन्द्र सरकार के निःशल्क टीकाकरण अभियान का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि टीका लगवाने के साथ ही सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें दवाई भी और कड़ाई भी का मंत्र नहीं भूलना चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में दवा उद्योग और वैक्सीन निर्माताओं के अलावा ऑक्सीजन उत्पादन करने वालों तथा चिकित्सा विशेषज्ञों ने सरकार को महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं

श्री मोदी ने कहा कि देशभर के एंबुलेंस चालक अपनी जान जोखिम में डालकर भी सेवा की मिसाल पेश कर रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार गांवों में भी नई जागरूकता दिखाई दे रही है और कोविड नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है श्री मोदी ने आज भगवान महावीर की जयंती पर लोगों को बधाई दी प्रधानमंत्री ने कहा कि रमजान का पवित्र महीना भी चल रहा है आगे बुद्ध पूर्णिमा भी है गुरू तेग बहादुर जी का चार सौवां प्रकाश पर्व भी है ये सभी महापुरूष हमें अपना कर्तव्य निभाने की प्रेरणा देते हैं

लॉकडाउन की अवधि में सभी अस्पताल मेडिकल द्वकानें क्लीनिक और पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें इस दौरान किराना दुकानें बंद रहेंगी लेकिन सब्जी दूध फल अण्डा मछली रसोई गैस किराना और अन्य जरूरी सामानों की होम डिलीवरी सुबह छह बजे से दोपहर दो बजे तक की जा सकेगी दूध वितरण के लिए सुबह छह से आठ बजे तक और शाम पांच से साढ़े छह बजे तक का समय दिया गया है साथ ही होटल और भोजनालय से ऑनलाइन बुकिंग के बाद होम डिलीवरी की सुविधा सुबह छह बजे से रात्रि आठ बजे तक रहेगी इसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए सामानों की खरीदी भी की जा सकेगी बैंकों को सीमित स्टाफ के साथ सुबह दस बजे से दोपहर एक बजे तक काम करने की छूट दी गई है लॉकडाउन के दौरान सरकारी राशन दुकानों से टोकन के जरिए कार्डधारकों को अनाज भी दिया जाएगा इसी तरह आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए गोदामों में लोडिंग अनलोडिंग की अनुमति रात ग्यारह बजे से सुबह चार बजे तक दी गई इस दौरान जिले की सीमाएं पूरी तरह से बंद रहेंगी प्रदेश के अन्य जिलों में भी लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के साथ ही इसी तरह की शर्ते लागू रहेंगी

इस दौरान औद्योगिक संस्थानों और निर्माण इकाइयों को अपने परिसर के भीतर ही मजदूरों के लिए आवश्यक इंतजाम करते हुए उद्योगों के संचालन और निर्माण कार्यो की अनुमति होगी गौरतलब है कि रायपुर जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीते नौ अप्रैल की शाम छह बजे से लॉकडाउन लगाया गया था कल से इसे तीसरी बार बढ़ाया जा रहा है कोरोना समाचार प्रदेश में कल सोलह हजार सात सौ इकतीस लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है

प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण की वजह से दो सौ तीन लोगों की मृत्यु हुई है इधर कोरिया जिले में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तीन करोड़ रूपये मंजूर किए गए हैं कलेक्टर एसएन राठौर ने बताया कि इस राशि से जिले के कंचनपुर गांव में स्थित कोविड केयर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जाएगा साथ ही ऑक्सीजन आप्रर्ति की अन्य व्यवस्था की जाएंगी उधर धमतरी जिले में कोरोना संक्रमित लोगों की जांच के लिए मितानिनों को दस हजार किट बांटे गए हैं जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर डी के तुर्रे ने बताया कि अट्ठारह सौ मितानिनों को कोरोना के लक्षण वाले मरीजों की जांच करने के लिए घर घर जाकर संपर्क करने को कहा गया है वहीं स्वास्थ्य विभाग ने महासमुंद जिले में कोरोना संक्रमित लोगों की जांच के लिए दरें निर्धारित की हैं ये दरें निजी पैथालॉजी लैब और जांच केन्द्रों पर भी लागू होंगी सिटी चेस्ट जांच की दर एक हजार आठ सौ सत्तर रूपये है वहीं फेफड़ो के संक्रमण के साथ सिटी चेस्ट की जांच के लिए दो हजार तीन सौ चौव्वन रूपये का शुल्क निर्धारित किया गया है राज्यपाल पत्र राज्यपाल अनुसुईया उइके ने प्रदेश के सभी शासकीय और निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पत्र लिखकर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और कर्मचारियों के माध्यम से आमजनों को कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों के बारे में जागरूक करने के निर्देश दिए हैं अपने पत्र में राज्यपाल ने कहा है कि इस समय देश और प्रदेश में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है इस महामारी से निपटने के लिए जनभागीदारी को बढ़ाए जाने की सख्त जरूरत है उन्होंने कहा कि इस समय यह जरूरी है कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के साथ ही केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करें राज्यपाल ने कहा कि महामारी से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने और कोविड वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करने में विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी और शिक्षक बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं उन्होंने कहा कि इसके लिए सोशल मीडिया का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है मुख्यमंत्री समीक्षा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश के अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए समुचित व्यवस्था करने के साथ ही आकस्मिक दुर्घटना को रोकने के इंतजाम भी किए जाने चाहिए मुख्यमंत्री ने रायपुर और दुर्ग संभाग के सभी नगरीय निकायों के पदाधिकारियों की बैठक में कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी मरीजों को बेहतर से बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाए उन्होंने अधिकारियों से नगरीय क्षेत्रों में राशन तथा आवश्यक सामग्रियों की उपलब्यता सुनिश्चित करने को भी कहा उन्होंने टीकाकरण सहित कोरोना संक्रमण की जांच बढाए जाने पर विशेष जोर दिया ऑक्सीजन आप्रर्ति कोरोना महामारी के कठिन समय में छत्तीसगढ़ में उत्पादित मेडिकल ऑक्सीजन अन्य राज्यों में कोरोना मरीजों के लिये संजीवनी का काम कर रहा है इस समय छत्तीसगढ़ से आंध्रप्रदेश कर्नाटक मध्यप्रदेश तेलंगाना गुजरात और महाराष्ट्र को वहां की आवश्यकता के अनुसार मेडिकल ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति की जा रही है

विश्व के विभिन्न भागों में मलेरिया के प्रकोप को समाप्त करने के उद्देश्य से यह दिन मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में इस बार का थीम है वर्ष दो हजार तीस तक छत्तीसगढ़ को मलेरिया मुक्त करने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे गोरतलब है कि छत्तीसगढ़ में पिछले पांच वर्षों के दौरान मलेरिया के मामलों में लगभग पचहत्तर प्रतिशत की कमी आई है केन्द्र सरकार ने वर्ष दो हजार पंद्रह से वर्ष दो हजार बीस तक मलेरिया के मामलों में पचास प्रतिशत कमी लाने का लक्ष्य रखा था लेकिन छत्तीसगढ़ ने इस लक्ष्य से बेहतर प्रयास करते हुए मलेरिया उन्मूलन के अभियान में अच्छी सफलता प्राप्त की है महावीर जयंती जैन धर्म के चौबीसवें और तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती आज देशभर में श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों विशेषकर जैन समुदाय को महावीर जयंती की शुभकामनाएं दी हैं प्रदेश में भी महावीर जयंती पर आज जैन समुदाय के लोगों ने पारंपरिक रूप से पूजा अर्चना की और घरों में रहकर ही भगवान महावीर का अनुष्ठान किया संक्षिप्त समाचार भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी मणिकांत ठाकुर का कोरोना से देहांत हो गया है मणिकांत ठाकुर ने आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग और दूरदर्शन समाचार सहित सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाईयों में काम किया

दुर्ग स्थित हेमचंद यादव विश्वविद्यालय ने स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि को तीस अप्रैल तक बढ़ा दिया है रायपुर कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने हवाई यात्रा से रायपुर आने वाले यात्रियों के पंजीयन तथा होम आइसोलेशन और क्वारेंटाइन से संबंधित कार्रवाई के लिए हीरापुर आईटीआई के प्राचार्य डीपी डाहिरे को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है रायपुर पुलिस ने चैंबर ऑफ कॉमर्स के नाम से मदद करने के नाम पर इंजेक्शन और ऑक्सीजन सिलेंडरों की कालाबाजारी के मामले में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने इनके पास से करीब डेढ़ लाख रूपये नगद और नौ इंजेक्शन बरामद किए हैं